राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सौ चौवालीसवीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र के निर्माण में सरदार पटेल का ऐतिहासिक योगदान रहा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह गूजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को प्रष्पांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री ने गुजरात पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड को भी देखा देश भर में सात सौ से ज्यादा जिलों में आयोजित एकता दौड़ में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत की एकता में सरदार पटेल के महान योगदान को याद किया उन्होंने विविधता में एकता के महत्व को रेखांकित किया और संकट की स्थिति में लोगों में भाई चारे की भावना की जरूरत बताई

जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी सरदार साहब आपका जो सपना अधूरा था अब वो दीवार गिरा दी गई है श्री मोदी ने कहा कि जम्मु कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता आयेगी और यहां के लोगों के साथ हो रहा भेदभाव समाप्त होगा जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक स्थिरता आएगी अब निजी स्वार्थ के लिए सरकारें बनाने और गिराने का खेल बंद होगा अब क्षेत्र के आधार पर भेदभाव के शिकवे और शिकायतें खत्म हो जाएंगी अब कॉपरेटिव फेडरलिज्म की असली भागीदारी विकास यात्रा के लिए कदम से कदम मिला कर के चलने का युग का आरंभ होगा इधर राजधानी दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने सुबह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई

अमित शाह ने नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से आयोजित रन फॉर यनिटी एकता दौड़ कार्यक्रम के दौरान ये बात कही श्री शाह ने दौड़ में हिस्सा लेने वालों को एकता की शपथ भी दिलाई प्रदेश में भी पटेल जयन्ती पर विविध कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इस अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में लौह पुरूष को याद कर उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ जीपीओ स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्वाजंलि दी इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि सरदार पटेल भारत की एकता और अखण्डता के सूत्रधार रहे हैं उन्होंने कहा कि गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण पूरे देश के किसानों नौजवानों मजदूरों और नागरिकों द्वारा लौह दान के एकत्रीकरण से हुआ है

मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल के जीवन मूल्यों और आदर्शो को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया

पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा सांसद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हिस्सा लिया बस्ती में भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी क नेतृत्व में इस अवसर पर शास्त्री चौक से रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की भावना सभी के दिल में होनी चाहिये उन्होंने कहा कि कश्मीर और लद्दाख में भारत का संविधान लागू हो रहा है यह सरदार पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धाजंलि है शाहजहांपुर संभल हमीरपुर बरेली भदोही लखीमपुर खीरी बलिया कौशाम्बी आगरा सहित अनेक स्थान पर रैलियां और रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पैंतीसवीं प्रण्यतिथि पर राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदो ने इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी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

लौहपुरूष सरदार पटेल की जयन्ती पर आज ऐतिहासिक घटना के रूप में दो केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ गये हैं आज सुबह लेह में आर के माथुर ने नये बने केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उप राज्यपाल के रूप में शपथ ली

नये उप राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के तुरन्त बाद राधा कृष्ण माथुर ने काम संभालते हुए लद्दाख प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत की जिला कलेक्टरेट में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये इसके बाद श्रीनगर में गिरीशचन्द्र मुर्मू ने केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली मैं गिरीश चन्द्र मुर्मू सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सदा पूर्वक केंद्रशासित प्रदेश जम्मु कश्मीर के उप राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा

आइये नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन कानून के मुख्य बिन्दुओं पर प्रावधान के तहत केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुद्दुचेरी की तर्ज पर एक निर्वाचित विधानसभा और मुख्यमंत्री होगा लद्दाख अंडमान और निकोबार की तर्ज पर केंद्रशासित प्रदेश होगा और सीधे उप राज्यपाल द्वारा संचालित होगा जम्मू कश्मीर राज्य की विधान परिषद समाप्त कर दी गयी है सीटों के पूनर्निर्धारण के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का पूनर्गठन होगा लद्दाख में एक हिल काउंसिल होगी जो उप राज्यपाल के अधीन होगी लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए एक ही जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय होगा

अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग तथा अल्पसंख्यक आयोग दोनों संघ शासित प्रदेशों में बनाए जाएंगे आकाशवाणी समाचार के लिए नई दिल्ली से मैं कनकलता प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने जम्मू श्रीनगर और लेह में रेडियो स्टेशनों का नाम बदलकर आकाशवाणी जम्मू आकाशवाणी श्रीनगर और आकाशवाणी लेह करने की घोषणा की है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रसार भारती सचिवालय नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रसार भारती बोर्ड की स्वीकृति से केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रेडियो कश्मीर का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया है

प्राप्त जानकारी के अनुसार बरेली के फरीदपुर पुलिस सर्किल में भुता थानान्तर्गत एक बेकाबू ट्रक ने पहले बाइक को टक्कर मारी उसके बाद एक कार को रौंद दिया जिससे कार सवार सात लोगों और बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक अनियंत्रित बस ने दो लड़कियों को कुचल दिया जिससे दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई तथा सात अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है